टाहलीवाल में एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति मिशन के तहत शेष गांवों को पेयजल सुविधा पहुंचाई जाएगी उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के मुश्किल दौर से गुजर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महामारी से निपटने के लिए प्रभावशाली तरीके से देश का मार्ग दर्शन किया है

उन्होंने कहा कि इन तीन वर्षों में ये सुनिश्चित किया गया है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे गोविंद ठाक्र शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में अक्षरशः लागू करने का निर्णय लिया गया है और इस पर तेजी से काम चल रहा है सोलन के एक निजी विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा नीति पर आयोजित वेबिनार की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से विद्यार्थियों का सर्वागीण विकास होगा और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय की सांईस वैब सीरिज का शुभारम्भ भी किया सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि सोलन मंडी और पालमपुर शहरों का योजनाबद्व विकास व लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से ही इन्हें नगर निगम बनाने का निर्णय लिया गया है सोलन में आज जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों से विचार विमर्श के दौरान उन्होंने कहा कि जनभावनाओं का सम्मान सरकार की प्राथमिकता है और इसी के अनुरूप निर्णय लिए जा रहे हैं सैजल ने कहा कि नगर निगम के तहत लाए जाने वाले क्षेत्रों के लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं और सरकार सभी पक्षों को ध्यान में रखकर निर्णय लेगी पठानिया प्रदेश की खेल नीति अगले महीने तैयार हो जाएगी और इसके निर्धारण में प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों व खेल संघों के सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने आज धर्मशाला में खेल नीति के संशोधित प्रारूप को लेकर खेल संघों और खिलाड़ियों के साथ आयोजित एक बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि खेल नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए खेल संघों के साथ प्रदेश के अनेक स्थानों पर बैठकें की जाएंगी

शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि बिजली व पानी के बिल और बस किराया बढ़ाकर सरकार ने लोगों पर आर्थिक बोझ डाला है राठौर ने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है और अधिकारियों के बार बार तबादले से उनके मनोबल पर विपरीत असर पड़ रहा है कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से ऐसे आयोग की स्थापना करने की मांग की है जो कोरोना काल में बंद पड़े उद्योगों को पुनःजीवित करने और बेरोजगारी दूर करने के सार्थक प्रयास करें

गंभीर रूप से घायल लोगों को आईजीएमसी शिमला रैफर किया गया है ये बस चायल से सोलन जा रही थी मृतक महिला की पहचान शोधी के समीप गेहा गांव की सोमा देवी के रूप में की गई है स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए ज़िला प्रशासन को मृतक के परिजनों और घायलों की हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं

प्रदेश के बाजारों में खूब रौनक रही और महिलाओं ने आभूषणों कपड़ों और हार श्रंगार के अन्य सामान की जमकर खरीददारी की सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायू के लिए करवाचौथ पर व्रत रखती हैं और ये पर्व पति पत्नी के अटूट प्रेम का प्रतीक है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिलाओं को करवाचौथ की हार्दिक शुभकामनाएं दी है